कोविड के प्रति सतर्कता बरतने पर दिया जोर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के दिये निर्देश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अहमदाबाद मैट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सुरत मैट्रो रेल परियोजना की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी उन्होंने कहा कि देश के दो प्रमुख आर्थिक केन्प्रों सूरत और अहमदाबाद को उत्तरायण के ठीक बाद सत्रह हजार करोड़ रुपये का उपहार मिला है देश के दो बड़े व्यापारिक केन्द्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनैक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी

श्री मोदी ने कहा कि इन दो मेट्रो परियोजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के कामकाज के तौर तरीकों के बीच अन्तर यह भी है कि वर्तमान सरकार देश भर में मैट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है श्री मोदी ने बताया कि इस समय देश के सत्ताईस शहरों में एक हजार किलोमीटर लम्बी मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दृष्टिकोण से अमल कर रही है और इनके विकास में परिवहन के अन्य साधनों के साथ तालमेल का भी ध्यान रखा गया है एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी द्रसरी दिक्कत ये थी कि राहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था आज हम शहरों के ट्रांसपोटेशन को एक इंटीप्रेटिड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं यानि बस मेट्रो रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें एक दूसरे के पूरक बनें सूरत और अहमदाबाद में हो रहे तेज आर्थिक विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इन दो शहरों को आत्मनिर्भर भारत का शक्ति केन्द्र बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत शहर इस समय सबसे तेजी से विकसित हो रहा दुनिया का चौथा शहर है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद भारत का पहला धरोहर शहर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद भी संक्रमण के प्रति सतर्कता बरतनी होगी उन्होंने कहा कि टीकाकरण का कार्य केन्द्र सरकार की गाइडलाइन और क्रम के अनुसार संचालित किया जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में टीकाकरण और अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कोरोना टीकाकरण के द्वितीय चरण की समी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण के टीकाकरण के अन्तर्गत अगले तीन सप्ताह में सभी स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाये पन्द्रह फरवरी से पहले चरण में संबंधित कर्मियों को टीके की दूसरी डोज देना शुरू किया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए कोरोना जांच कार्य को बेहतर ढंग से जारी रखा जाये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 उन्होंने कहा कि इस नीति से छात्रो में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा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 इस नीति से छात्रों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि कोविड ने नई चुनौतिया पेश की है लेकिन देश इन सभी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने धान कय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा जिससे किसानों को कोई भी समस्या न आये उन्होंने कहा कि धान कय का भुगतान किसानों को समय पर हो यह सुनिश्चित किया जाये उन्होंने बजट की धनराशि के उपयोग के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को समीक्षा करने के निर्देश दिये जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को अंतिम रूप दिया जा सके

उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिदिन तीस किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल चुकी है कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में चार सौ पन्द्रह लोगों की प्रतिदिन मौत हो जाती है उन्होंने कहा कि सरकार सड़क तकनीक और मानकों को लागू करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं उधर प्रदेश में भी कल से सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत हो गयी लखीमपुर खीरी जनपद में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों ने दुपहिया व चार पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया बलिया जनपद में पुलिस अधीक्षक ने प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया प्रदेश के अन्य जिलों में भी सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत वाहन चालकों को जागरूक किया गया विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन के अन्तर्गत बारह सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन कल भाजपा के दस उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये जिन प्रत्याशियों ने कल अपना नामांकन कराया वे हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अरविन्द कुमार शर्मा लक्ष्मण आचार्य कुॅवर मान्वेन्द्र सिंह गोविन्द नारायण शुक्ला सलिल बिश्नोई अश्वनी त्यागी धर्मवीर प्रजापति और सुरेन्द्र चौधरी इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कल अपना नामांकन कराया इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार अहमद हसन और राजेन्द्र चौधरी अपने पर्चे दाखिल कर चुके हैं नामांकन का कल आखिरी दिन था बारह सीटों के लिए तेरह उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है आज पर्चो की जांच की जायेगी

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के तीन सौ उन्यासी नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान छः सौ बाईस लोग कोरोना से ठीक हो गये प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या आठ हजार छः सौ इकत्तीस है उन्होंने बताया कि अब तक क्ल पांच लाख उन्वासी हजार छः सौ तिरान्नबे लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आई उन खबरों का खण्डन किया कि है गृह मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से बंद करने का आदेश जारी किया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी करार दिया है